श्रद्वांजलि सभा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थिकलश आज राजधानी भोपाल लाया जाएगा

भोपाल में स्थानीय मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में और ग्वालियर में फूलबाग मैदान में श्रद्धांजलि सभा होगी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्वासुमन अर्पित करेंगे दोनों नेता ग्वालियर की सभा में भी शामिल होंगे श्रद्वांजलि सभा के बाद कलश भाजपा प्रदेश कार्यालय में रखे जाएंगे इसके बाद उन्हें विभिन्न नदियों में अस्थि विसर्जन के लिए रवाना किया जाएगा प्रार्थना समा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ही प्रयासों से आतंकवाद विश्व का मुद्दा बना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

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वाजपेयी जी के घनिष्ठ भित्र लालकृष्ण आडवाणी ने रूधे स्वेर में दिवंगत नेता के साथ अपने संबंधों का उल्लेख किया

गृह मंत्री राजनाथ सिंह आर एस एस प्रमुख मोहन भागवत विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद नेशनल कान्फेंस के नेता फारूख अबदुल्लाने भी दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की दिव्यांग शिविर दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए प्रदेश में एपिड और राष्ट्रीय वयोश्री योजना में शिविरों का आर्योजन किया जाएगा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की एपिड योजना के तहत तीन दिवसीय शिविर आयोजित किया जा रहा है इस शिविर में सागर जिले की रहली गढ़ाकोटा शाहपूर तहसील के दिव्यांगजनों का निरूशल्क परीक्षण किया जायेगा और उपकरण प्रदान किए जाएंगे शिविर में विशेषज्ञ अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे योजना में पात्र दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकतानुसार कृत्रिम बत्तीस कान की मशीन तथा अन्य उपकरण उपलब्ध कराये जाएंगे नए तंबाकू नियम स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के नए नियमों की अधिसूचना जारी की है नए नियम पहली सितम्बर से भारत में निर्मित या आयातित सभी प्रकार के तम्बाक उत्पादों या पैकेटों पर लागू होंगे सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि सिगरेट या किसी भी प्रकार के तम्बाक उत्पादों के उत्पादन आपूर्ति आयात या वितरण से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े व्यक्ति के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि सभी तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर निर्धारित विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां अंकित हों इन चेतावनियों के चित्र और विवरण तथा नियम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं

योजना में सोयाबीन मूंगफली तिल रामतिल मक्का तुअर उड़द और मूंग फसल के लिये किसानों को भावांतर योजना का लाभ दिया गया है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में प्रतिभाओं को कुंठित नहीं होने दिया जायेगा और राह में जो भी बाधा आयेगी उसे दूर किया जायेगा उन्होंने कल भोपाल में एक कार्यक्रम में विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि उनको जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जायेगा और उन्हें हरसंभव सहायता देने का प्रयास किया जायेगा मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा निरूशुल्क पुस्तकें दूसरे गाँव पढ़ने जाने के लिये साईकिलें लाड़ली लक्ष्मी योजना आदि योजनाओं का जिक करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी बच्चों की फीस की समस्या के समाधान के लिये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना लागू की गई

तीन दिवसीय इस सम्मेलन में लगभग दो हजार हिन्दी विद्वानों ने हिस्सा लिया प्रवासी भारतीयों के बीच भाषा के विकास के लिए युवाओं से अधिक से अधिक संवाद करने के लिए बहुआयामी प्लेटफार्म बनाने का भी सुझाव सम्मेलन के दौरान दिया गया

विनेश ने इस तरह भारत को इन खेलों में दूसरा स्वर्ण और कुश्ती का भी दूसरा स्वर्ण दिलाया विनेश इसके साथ ही एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गयीं बजरंग पूनिया ने भी इन खेलों में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था इन दो स्वर्ण पदकों सहित भारत के कुल पांच पदक हो गये हैं और वह पदक तालिका में सातवें स्थान पर है मौसम प्रदेश में पिछले दो दिनों में मानसून के फिर एकबार सकिय होने से राजधानी भोपाल सहित कई क्षेत्रों में बारिश हुई है

कल शाम से तेज बारिश के कारण कई जगह पानी भर गया बरसात का दौर आज सुबह तक जारी है वहीं इन्दौर खरगोन और पश्चिम मध्यप्रदेश के कई अन्य हिस्सों में भी अच्छी बारिश हुई

मौसम विभाग ने भोपाल सहित अन्य भागों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी है

जिसमें आय व्यय को मंजूरी दी गई